इस दौरान अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमानों पर भी चर्चा होगी इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर शासकीय कार्यसुची बारे में वक्तव्य देंगे सदन में अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे कैबिनेट बैठक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर की अध्यक्षत में होगी बैठक में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा बड़े निर्णय लेने की संभावना है इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कोरोना मामलों को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा बैठक में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए नए कानून पर भी चर्चा हो सकती है

प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच में अपने विचार साझा कर सकते हैं

अमर उजाला की सुर्खी है कैबिनेट बैठक आज भीड़ पर लग सकती हैं बंदिशें पंजाब केसरी का शीर्षक है मेलों के आयोजन से हिमाचल में मंडराने लगा कोरोना का खतरा दिव्य हिमाचल के शब्द हैं कोरोना से कैसे निपटें आज होगा मंथन दैनिक भास्कर को अनुसार कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर सरकार ले सकती है बड़े फैसले दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का विचार नहीं इसी साल लागू होगा छठा वेतन आयोग शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है फतेहपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया खुलासा हिमाचल दस्तक के शब्द हैं कब देंगे वेतन आयोग आज बताएंगे जयराम आपका फैसला की एक खबर है प्रदेश सरकार ने विश्व की सबसे उंची पहाड़ी वाले क्षेत्र वाशिंग गांव में सभी घरों में पानी पहुंचाया बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले पर अमर उजाला की सुर्खी है एमबीयू स्थापना प्रक्रिया की जांच शुरू एसआईटी ने पूछताछ के लिए तलब किए शिक्षा विभाग के तत्कालीन अधिकारी और कर्मचारी डेमोकेसी हिमाचल की एक खबर है कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया न्यू पेंशन स्कीम का विरोध रोहतांग टनल देखने के बाद मढ़ी में रोक ली जाएगी पर्यटकों की गाड़ी लोकल युवा अपनी इलैक्ट्रिक कार में करवाएंगे घाटी की सैर दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है

दैनिक जागरण के शब्द हैं आज साफ रहेगा मौसम मंगलवार को तीन जिलों में यलो अलर्ट दैनिक भास्कर के अनुसार अगले तीन दिन प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बारिश और हिमपात की संभावना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

नमस्कार